प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद का मुकाबला करने में बहुपक्षीय सहयोग का आहवान किया है

श्री मोदी ने कहा कि भारत मौजूदा सहयोग को और आगे बढ़ाने की दिशा में तथा मित्र देशों के क्षमता निर्माण के लिए काम करता रहेगा विदेश मंत्रालय में सचिव ए गीतेश सरमा ने न्यूयार्क में संवाददाताओं को बताया कि बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को धन और हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि विश्व में कहीं भी ऐसे हमलों को आतंकी कार्रवाई माना जाना चाहिए आतंक सिर्फ आतंक है यह अच्छा या बुरा नहीं ह सचिव ने बताया कि श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि विश्व ने जलवायू परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जैसी एकजुटता दिखाई है वैसी ही एकजुटता और तत्परता आतंकवाद से निपटने के लिए भी दिखाई जानी चाहिए बाइट प्रधानमंत्री ने आपसी बातचीत और गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान से आतंकवाद पर लगाम लगाने के काम में गुणात्मक सुधार का आह्वान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियो को धन मुहैया कराने के सभी साधन बंद करने होंगे इसके लिये हमें आतंकवादियो पर प्रतिबंध लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिये विभिन्न संस्थाओ में राजनीति बंद करनी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रम्प की आज न्यूयॉर्क में बैठक होगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरी बार राष्ट्रपति ट्रम्प से मिलेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रम्प के बीच आज न्यूयॉर्क में होने वाली बातचीत के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक बातचीत की आशा है

यूएस के साथ जब हमारी बात होती है तो रिजनल ग्लोबल सिचुएशन पर डिस्कस होता है बट कौन कितना डिस्कस होगा वो फ्लो ऑफ क्नवर्सेसन के साथ हमे देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान की रोकथाम में उल्लेखनीय प्रयास किये हैं कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायू परिवर्तन शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक संकट से निपटने के लिये अभी बहुत कुछ किया जाना है क्लाइमेट चेंज को लेकर द्रनियाभर में अनेक प्रयास हो रहे हैं लेकिन हमें ये बात स्वीकारनी होगी कि इस गम्भीर चुनौती का मुकाबला करने को लिए उतना नहीं किया जा रहा है जितना कि होना बहुत अनिवार्य है आज जरुरत है एक काम्प्रहैंसिव अप्रोच की जिसमें एजुकेशन वैल्यूज और लाइफस्टाइल से लेकर डेवलपमेंट फिलोसॅफी भी शामिल हो आज जरुरत है बिहेवियर चेंज के लिए एक विश्वव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगा से स्वच्छ भारत अभियान की तरह जल शक्ति अभियान को सफल बनाने को कहा है उन्होंने कहा कि देश ने स्वच्छता के लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है और देश खुले में शौच से लगभग मुक्त होने वाला है

राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान में स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा श्री कोविंद ने कहा कि इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन भूजल एकत्र करने और घरेलू अपशिष्ट जल के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा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

प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज अपनी बैठक में बीस अहम फैसलों को मंजूरी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह तय किया गया कि बेसिक शिक्षा के सभी निदेशालयों को एक ही अधिकारी के मातहत लाया जायेगा ताकि प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आ सके इसके लिये मंत्रिमंडल ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा डोजीएसई का पद सृजित किये जाने को मंजूरी दे दी इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया कि पहले से चली आ रही व्यवस्था के तहत मंत्रियों के आयकर की जिम्मेदारी अब सरकार की नहीं होगी बल्कि उन्हें यह व्यय स्वयं वहन करना पड़ेगा

मंत्रिमंडल ने बिजनौर कानपुर देहात और कौशाम्बी मे नये मेडिकल कॉलेज के लिये भूमि मुहैया कराये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर पांच प्रतिशत की छूट दिये जाने के संबंध में लाये गये प्रस्ताव को पास कर दिया इसके साथ ही दुकानों होटलों और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और अब एक बार पजीकरण करने के बाद दोबारा पंजीकरण नहीं करना होगा हालांकि इसकी फीस दोगुनी कर दी गई है मंत्रिमंडल ने मक्का की खरीद के मूल्य में अस्सी रूपये की बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है सरकार ने आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया को ऑन लाइन करने का फैसला किया है जिसके तहत निर्माण खरीद और ट्रांसपोट की प्रक्रिया ऑन लाइन करने के साथ ही इसे बारकोड यूक्त किया जायेगा प्रदेश सरकार ने सात नगर निगमों को अपने संसाधन से स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है जिसके लिये पचास करोड़ रूपये हर नगर निगम को दिये जायेंगे इनमें मेरठ गोरखपुर अयोध्या शाहजहांपुर मथुरा वृंदावन गाजियाबाद और फिरोजाबाद शामिल है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस बार की जनगणना में पेन और कागज के इस्तेमाल की बजाय आधुनिकतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जायेगा

अमित शाह ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किसी भी नागरिक के सभी आंकड़े एक ही कार्ड में उपलब्ध हों एक ही कार्ड में सब के सब कार्ड आ सकते हैं जिसमें आपका बैंक का कार्ड भी हो सकता है आपका आधार कार्ड भी हो सकता है आपका परिचय का कार्ड भी हो सकता है और आपका पासपोर्ट भी हो सकता है ये सारी चीजों को एक ही जगह पे लाने के लिए एक डिजिटल जनगणना आने वाले दिनों में बेस बनने वाली है

देश की पहली बहुप्रतीक्षित कार्पोरेट रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस प्रदेश में अगले महीने की चार तारीख से लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने जा रही है आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही इस रेलगाड़ी को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे एक विशेष साक्षात्कार में आईआरसीटीसो के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अश्विनी श्रीवास्तव ने कहा कि यात्रियों को इस रेलगाड़ी में विमान जैसी सुविधाएं दी जायेगी ये देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन होगी जिसमें आईआरसीटीसी उच्च स्तर की सुविधाएं देगी और साथ में इसका किराया निर्धारण करने की पूरी छूट आईआरसीटीसी को दी गई है